भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल के अधिकांश पश्चिमी भागों और राजधानी ईटानगर में आज दिन में दो बजकर बावन मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किये गये इसे रिक्टर पैमाने पर पांच दशमलव छह आंका गया मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र ईटानगर से एक सौ सात किलोमीटर दूर ईस्ट कामेंग जिले में जमीन के दस किलोमीटर की गहराई पर था अब तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है इधर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार ईस्ट कामेंग में भूकंप का दूसरा झटका लगभग तीन बजे महसूस किया गया जबकि कुरुंग कुमे जिले में करीब तीन बजकर बाईस मिनट पर दर्ज किया गया जिसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर चार दशमलव नौ थी फिलहाल भूकंप से किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है भूकंप के महसूस होते ही डरकर लोग अपने घरों और कार्यालय से बाहर निकल आए

केंद्र ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि भारत को द्रनिया की शरणार्थी राजधानी नहीं बनने दिया जा सकता

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर अरुणाचल प्रदेश में रक्षा उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने पर चर्चा की बैठक के दौरान भ्रमि अधिग्रहण के मुद्दे पर राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री ने रक्षामंत्री के साथ राज्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत की सांसद तापिर गाव ने लोक सभा में अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चीन द्वारा जारी किए जाने वाले स्टेपल वीजा का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री से चीन के साथ इस मुद्दे का समाधान करने का आग्रह किया कल शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि अरुणाचल के लोगों को स्टेपल वीजा जारी किए जाने से राज्य के लोगों को चीन की यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलती है श्री गाव ने कहा कि अरुणाचल के लोगों के साथ दोयम दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार बंद होना चाहिए और श्री मोदी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे को हल करना चाहिए हालहीं में लोकसभा में उन्होंने चुनाव के दौरान तिरप जिले में विधायक तिरोंह अबोह सहित ग्यारह लोगों और राज्य के अन्य हिस्सों में दो अन्य लोगों की हत्या के मामले में एन आई ए द्वारा जांच में तेजी लाने की मांग की दोईमुख के विधायक ताना हाली तारा ने जिले के सभी विभागीय प्रमुखों से कहा है कि वे अपने विभाग के विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को कार्यालय के माध्यम से भेजे पापुम पारे जिले के उपायुक्त विभागीय प्रमुखों और प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों से टीम भावना के साथ काम करने का अनुरोध किया अपर सूबनसिरी जिले के एक निजी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक छात्र के साथ यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है गौरतलब है कि इस घटना का खुलासा होने के बाद से जिले के कई संगठनों ने संबंधित विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी जिला पुलिस अधीक्षक केनी बागरा के अनुसार सिलवर हिल पब्लिक स्कूल अपर सुबनसिरी के प्रधानाध्यापक को पोक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है इधर अपर सुबनसिरी जिला छात्र संघ ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से मानदंडो के अनुसार विद्यालयों को चलाने का आग्रह करते हुए छात्रों के लिए यूनिफार्म छात्रवृत्ति और पाठ्यपुस्तको के वितरण में पारदर्शिता की मांग की है राज्य स्वास्थ्य विभाग़ के निदेशक एम लेगो ने कहा है कि मानसून को देखते हुए जलजनित बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की श्री लेगो ने बताया कि बच्चों के लिए टीकाकरण में जे ई से बचाव का टीका भी शामिल है लेकिन किशोर और व्यस्क व्यक्तियों के लिए टीकाकरण की सफलता की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग नही कर सकता लोहित जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने कल जिला जेल में आयोजित एक कार्यक्रम में ई प्रिजन एप्लिकेशन का श्रभारंभ किया इसके साथ ही लोहित ई प्रिजन एप्स को शुरु करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ने कहा कि इस एप्लिकेशन से कैदी प्रबंधन प्रणाली का प्रभावी तरीके से निगरानी किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंद्रह अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए है एक ट्वीट में उन्होंने लोगों से नमो एप्प पर विशेष रुप से बनाये गए ओपन फोरम में अपने विचार भेजने को कहा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये विचार और सुझाव लाल किले की प्राचीर से एक सौ तीस करोड़ भारतीयों द्वारा सुने जायेंगे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 आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान चार मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई